कल होने वाली लोकसभा च्नावों की मतगणना के लिये सभी प्रबंध कर लिये गये है मतगणना स्बह आठ बजे श्रू होगी और दो हर तक रूझान मिलने की संभावना है वही रिणाम शाम तक आने की उम्मीद है इलैक्ट्रोनिक डाक मत त्र और डाक से डाले मतों की गिनती हले होगी उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अन्सार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का औचक चयन किया जायेगा ताकि वीवी पैट शर्चियों से मिलान किया जा सके उच्चतम न्यायालय ने आठ अप्रैल को निर्वाचन आयोगसे कहा था कि लोकसभा च्नाव में प्रति विधानसभा में एक से ांच मतदान केन्द्रों र ईवीएम के साथ वीवी पैट का औचक मिलान बढ़ाया जाये उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने कल एक याचिका को खारिज कर दिया था कि जिसमें ईवीएम के साथ वीवी पैट पैर्चियों शत प्रतिशत मिलान की मांग की गई थी स्चारू और शरेशानी म्क्त मतगणना स्निश्चित करने के लिये विस्तृत सुरक्षा प्रबंध किये गये है काबिले गौर है जगह जगह तीन स्तरीय स्रक्षा होगी

इसके अलावा मतगणना केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अन्मति नहीं होगी हरियाणा में मतगणना के मददेनज़र स्रक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है हरियाणा के ख्रफिया एजेसिंयों की सूचना के बाद सात जिलों रोहतक सोनी त भिवानी झज्जर हिसार सिरसा और फतेहाबाद को मतगणना के मद्देनज़र संवदेनशील घोषित किया गया है

राज्य भर में कानून व्यवस्था स्निश्चित करने के लिए घोडा प्लिस भी तैनात की गई है उन्होने कहा कि स्ट्रांग रुम में रखी ईवीएम की स्रक्षा में चप्पो चप्पो र ्लिस तैनात की गई है

राज्य सशस्त्र लिस बल के अलावा स्ट्रांग रुम के बाहर भारी संख्या में स्थानीय एलिस बल भी तैनात किया गया है

इसके अलावा डयूटी मैजिस्ट्रेट और डी एस पी लगतार पैट्रोलिंग करते हये स्रक्षा व्यवस्था र लगातार नज़र रखेंगे

सय्क्त म्ख्य निर्वाचन अधिकारी डा इनद्रजीत ने बताया कि सभी मतगण्ना केन्द्रों की वीडियोग्राफी करवाई जायेंगी

यम्नानगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतों की गिनती सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी हिन्दू गलर्ज् कालेज जगाधरी डी ए वी सीनियर सेकेंडरी स्क्ल यम्नानगर व एम एल एन कालेज यम्नानगर में होगी

अम्बाला के प्रलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि अम्बाला जिले में चार मतगणना केन्द्र बनाये गये है जिनकी स्रक्षा के लिये बीएसएफ हरियाणा सशस्त्र प्लिस स्रक्षा व जिला प्लिस अम्बाला के जवानों की गार्ड के अतिरिक्त मतगण्ना केन्द्रो के बाहर अतिरिक्त प्लिस बल भी तैनात किया गया है नारनौल जिला प्रशासन दवारा भी कल की मतगणना के लिये सभी तैयारियां कर ली गई है

राष्ट्रीय स्रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आने वाले समय मे सीमाओं की स्रक्षा में प्रौदयोगिकी एक केन्द्रीय भूमिका निभायेगी क्योकि स्रक्षा च्नौतियों में दिन प्रतिदिन वृदवि होती जा रही है श्री डोवाल ने आज नई दिल्ली में सीमा स्रक्षा बलों के सत्रहवें प्रतिष्ठा न समारोह को सम्बोधित कर रहे थे डी डोवाल ने कहा कि राष्ट्रीय स्रक्षा मे कार्यरत लोगों के लिये हर दिन नई च्नौतियों से भरा हे इसलिये उन्हें अ ने आ को एक न्ये अदांज में भरना होगा उन्होंने कहा कि किसी भी बल के लिये जो कि राष्ट्रीय स्रक्षा से सम्बधित हो प्रौदयोगिकी उन्नयन महत्वप्र्ण है सीमा स्रक्षा बल की प्रंशसा करते हये उन्होंने ये न केवल द्निया का सबसे बड़ा स्रक्षा बल है बल्कि इसने उच्च मानक भी स्थापित किये है

केन्द्र ने कल मतगणना के दिन देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की संभावनाओं के मददेनज़र राज्य सरकारों को चौक्स किया है ग़हमंत्रालय ने म्ख्य सचिवों और लिस महानिदेश्कों की कानूनी व्यवस्था बनाये रखने के लिये इंतजाम करने की सलाह दी है मंत्रालय ने स्ट्रांग रूम और मतगणना केन्द्रों की स्रक्षा के लिये आवश्यक कदम उठाने को कहा है

कांग्रेस प्रम्ख राहल गांधी ने शार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनाव शरिणाम से हले एग्जिट ोल के रिणामों ये निरूत्साहित न हो बलिक चौकने और जागरूक रहे एक टवीट में श्री गांधी ने उन्हें अ ने आ में और कांग्रेस शार्टी में भरोसा रखने को कहा उन्होंने कहा कि शार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत व्यर्थ नहीं जायेगी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने छात्रों को बह प्रतिभावान बनने के लिये कुछ नया करने और कौशल सम् न्न होने का आहवान किया नई दिल्ली में एक समारोह को सम्बोधित करते हये श्री जावड़ेकर ने छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य के लिये प्रतिदिन एक घंटा शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने की सलाह भी दी